चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है

भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तरी कर्नाटक में बागलकोट और चिक्कोएडी में जनसभाएं कीं उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले पांच वर्षो में किसानों के कल्याण के लिए काम किया है वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने गुजरात के जूनागढ़ जिले में वन्थाली में एक रैली को संबोधित किया उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की न्याय योजना से अर्थव्यवस्था को कोई हानि नही होगी

प्रधानमंत्री व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में व्यापारियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा कि व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में किए गए विभिन्न वायदों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं

कमलनाथ सभा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उनकी सौ दिनों की सरकार ने अपने वचनपत्र पर किये वादों को पूरा किया है किसानों का कर्जा माफ किया है और जो बचे हये हैं उनकी कर्जमाफी की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के बाद पूरी की जावेगी श्री कमलनाथ ने कल डिंडौरी जिले के बजाग में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार युवाओं को रोजगार और आदिवासियों को उनका हक देने के लिए प्रतिबध है यदि पार्टी केन्द्र में सत्ता में आई तो गरीबो के लिए न्याय योजना लागू करेंगी

इस मौके पर कलेक्टर अनुग्रहा पी और पुलिस अधीक्षक राजेश हिंगणकर सहित कई गणमान्य नागरिकों ने प्रतिमा स्थल पर तात्या टोपे को श्रद्वांजलि दी मेले में आज शाम को आजादी के तराने एवं बुंदेली लोक गीत की प्रस्तुतियां दी जाएगी स्वराज संस्थान भोपाल द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया

बाद में अंग्रेजों ने तात्या टोपे को धोखे से पकड़ कर शिवपुरी में उन्हें फांसी दी थी विश्व धरोहर दिवस विश्व धरोहर दिवस पर कल पुरातत्व संग्रहालय द्वारा लोगों में पुरातात्विक धरोहरों के प्रति जागरूकता के लिये ग्वालियर राज्य के पुरातत्वीय महत्व पर केन्द्रित छायाचित्र प्रदर्शनी चित्रकला प्रतियोगिता और व्याख्यान आदि कार्यक्रम हुए ग्वालियर राज्य के ग्लास निगेटिव से तैयार छायाचित्रों की प्रदर्शनी आकर्षण का केन्द्र रही

मत प्रतिशत एप खण्डवा में लोकसभा निर्वाचन के दौरान मतदान केन्द्रवार डाले गए मतों की संख्या की जानकारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मत प्रतिशत एप तैयार कराया है इसका परीक्षण इन दिनों जारी है यह एप एन्ड्राइड मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है इस एप के माध्यम से सामान्य व्यक्ति या पीठासीन अधिकारी या निर्वाचन से जुड़े अधिकारी डाले गए मतों की जानकारी मतदान केन्द्रवार प्राप्त कर सकतें है

राहुल चहर ने तीन जबकि बुमराह ने दो विकेट लिये इससे पहले मुंबई इंडियन्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया

आज कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर से होगा होशंगाबाद बारिश होशंगाबाद जिले में बुधवार को आंधी चलने और बारिश होने से खरीदी केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर खरीदे गये गेंहूँ गीला होने से काफी नुकसान हुआ है

वहीं खलिहानों में खुले आसमान के नीचे रखे गेंहू के गीला होने से भी किसानों को नुकसान पहुंचा है

मौसम केन्द्र भोपाल ने आज जबलपुर रीवा शहडोल संभाग के साथ भी मुरैना श्योपुर दतिया ग्वालियर नीमच मंदसौर राजगढ़ और गुना जिलों में तेज हवा चलने और हल्की बारिश गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है

इस दौरान उन्होंने क्षति के आंकलन के लिए जल्द सर्वे करने के निर्देश दिये